छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया गया योग दिवस आयोजन की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के साथ हुई टेलीविजन पर दिये अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाइचारे का संदेश देता है उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है यह किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल रंग स्त्री पुरुष धर्म और देश की विभिन्नता के तमाम अंतरों से परे है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि योग एट होम और योग विथ फैमिली को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाये और भावनात्मक रूप से योग से जुड़े प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सही तरीके से खानपान सही ढंग से खेलकूद सोने जगने की सही आदतें और अपने काम को सही ढंग से करना ही योग है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि योग का प्राचीन विज्ञान विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा उपहार है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी है राज्यपाल श्रीमती मुर्मू ने कहा है कि कोरोना महामारी में स्वस्थ और निरोग रहने के लिए पूरे परिवार के साथ सभी लोग प्रतिदिन योग करें इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न शहरों कस्बों के अलावा सुदूरवर्ती जंगलों में भी योग की चर्चा की गई सारंडा के बीहड़ों में भी नक्सल विरोधी अभियान में तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने जंगलों के बीच ही योगाभ्यास किया हजारीबाग जिले में स्थानीय छड़वा डैम में लोगों ने जल योग किया इस अवसर पर लोगों ने तैराकी भी की इससे पूर्व कई तरह का योग भी युवाओं ने किया रामगढ़ के सुदूरवर्ती पंचायत में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया मौके पर मुखिया ने कहा नियमित योग करने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिससे हम बीमारियों से लड़ कर अपने को मजबूत बना सकते हैं बोकारो जिले के लोगों में योग को लेकर खासा उत्साह देखा गया ज्यादातर लोगों ने अपने घर पर ही सपरिवार योग किया कोडरमा जिले में भी योग दिवस ऑनलाइन मनाया गया

इधर जमशेदप्र विमेंस कॉलेज के ऑडिटोरियम में योग का कार्यक्रम हआ

गिरिडीह में भी योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया सोशल डिस्टेनसिंग और मास्क लगाकर लोगों ने निरोग रहने केलिए योग किया साहिबगंज जिले में योग दिवस पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया साहिबगंज कॉलेज में पतंजलि परिवार के घनश्याम जी ने योग कराया इसके अलावा कालेज के डा रंजित सिह और घनश्याम जी ने भी अपने विचार रखे गायत्री परिवार की ओर से भी योग दिवस पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया आज छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गुमला जिले में सैकड़ों लोगों ने ऑनलाइन योगाभ्यास कार्यक्रम में जुड़ कर योग किया जिला मुख्यालय के साथ साथ प्रखंड व ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामाजिक द्ररी बनाते हुए लोगों ने अपने घरों में परिवार के साथ योग किया देश में आज दुर्लभ खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण का साक्षी बना अंगूठी के आकार का सूर्य ग्रहण ऐसा नजर आया है जैसे अंगूठी में आग दहक रही हो यह देश के विभिन्न भागों में देखा गया सूर्य ग्रहण ऐसे समय हुआ है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है जब धरती और सूरज के बीच में चांद आता है तो उसकी परछाई धरती की सतह पर पड़ती है कुछ समय के लिए चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जिन स्थानों पर चांद की घनी परछाई नजर आती है वहां पूरी तरह अंधेरा छा जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोगों से आग्रह किया गया था कि ध्रप के चश्में एक्सपोज्ड एक्स रे शीट या शीशे पर लैंप ब्लैक रखकर सूर्य ग्रहण न देखें क्योंकि ऐसा करना सुरक्षित नहीं है पानी की सतह पर सूर्य की छवि देखना भी सुरक्षित नहीं है

इधर राजधानी रांची सहित कई जिलों में आकाश में बादल छाये रहने के कारण यह खगोलीय घटना नहीं देखा जा सका गुमला जिले के कुछ क्षेत्रों में महज थोड़ी देर के लिए सूर्यग्रहण के नजारे को देखा जा सका सदी का सबसे लम्बा सूर्यग्रहण आज झारखण्ड के धनबाद में आंशिक रूप से देखा गया जबकि राजधानी रांची सहित अन्य जिलों में बारिश के कारण नहीं दिखाई दिया दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बासुकिनाथ मंदिर में सूर्य ग्रहण को लेकर सुबह आठ बजे के पहले ही पट बंद कर दिया गया प्रातःकालीन पूजा के कुछ देर बाद तक श्रद्वालुओं को बाबा के दर्शन का अवसर मिला मंदिर के पूजारी धनंजय पांडा ने बताया कि उसके बाद ग्रहणकाल तक के लिए प्रांगण के सभी मंदिरों के गर्भगृह और मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया था राज्य में आज कोरोना के तीन नये मरीज मिले हैं इसके साथ ही झारखंड में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो हजार तीस हो गयी है

पिछले चौबीस घंटों में पच्चीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि कुल एक हजार चार सौ एकतालीस मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं वहीं बारह मरीजों की मौत हो चुकी है इस समय कुल सकिय मरीजों की संख्या पांच सौ सतहत्तर है राज्य के बोकारो पाक्ड देवघर गोड़डा खूंटी साहिबगंज और द्मका जिले में फिलहाल एक भी कोरोना संक्रमित का सकिय मामला नहीं है वहीं राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर उन्हत्तर दशमलव आठ पांच प्रतिशत हो चुकी है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेन्द्र प्रधान ने आज भाजपा की प्रदेश स्तरीय वर्चुअल जनसंवाद रैली में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया नयी दिल्ली में आयोजित इस ऑनलाइन जनसंवाद के दौरान श्री प्रधान ने मोदी सरकार के कार्यकाल में किये गए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना संकट में केंद्र सरकार ने झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को घर वापस लाने का काम किया इन प्रवासी श्रमिकों को घर में ही काम मिले इसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का ऑनलाइन शुभारंभ किया

कोरोना संकट काल के दौरान झारखंड की जनता को राहत देने के लिए बड़े स्तर पर राहत पैकेज भी दिया है इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए योग करना जरूरी है श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में कोरोना की जांच महंगी है इसके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे रैली को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित राज्य सभा सांसद सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा राज्य में किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और राज्य सरकार से जल्द उसके समाधान का आग्रह करती है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 चतरा पुलिस द्वारा जिले में सक्रिय अफीम तस्करों के विरुद्व निरंतर चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को लगातार सफलताएं भी मिल रही हैं जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा को मिली ग्रप्त सूचना के आधार पर आज सदर थाना पूलिस ने थाना क्षेत्र के कदले गांव से करीब दस किलो अफीम के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है सदर थाना में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि कदले गांव निवासी प्रमोद गंझू और सुरेश गंझू के घर में बड़े पैमाने पर तस्करी के उद्देश्य से अफीम का भंडारण किया गया है राज्यभर में मौसम विभाग में भारी बारिश का अलर्ट और वजपात की आशंका जतायी है अगले तीन दिनों तक राजधानी रांची सहित पूरे राज्य के कई हिस्सों में लगातार वारिश हो रही है राज्य भर में घने बादल छाये हुए हैं बारिश के कारण जहां किसानों में हर्ष है वहीं शहरी क्षेत्रों में दैनिक कार्य प्रभावित हुआ है